इस बीच केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है उन्होंने वुहान से भारतीय नागरिकों को वापस बुलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने का फैसला किया नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में चीनी अधिकारियों से अनुरोध करेगा एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत में अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कोरोना वायरस को देखते हुए देश में स्वास्थ्य एजेंसियों और अस्पतालों में तैयारी की समीक्षा की उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के विभागों और राज्य सरकारों की तैयारियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की इस दौरान संदिग्ध मरीजों की जांच वायरस के बारे में जागरुकता और स्वास्थ्यकर्मियों के परीक्षण के अलावा आपातकाल में किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की गई उच्चतम न्यायालय आज निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका की सुनवाई करेगा यह याचिका राष्ट्रपति को दी गई दया याचिका रद्द किये जाने के खिलाफ दायर की गई है मुकेश ने आखिरी कोशिश के तौर पर अपने वकील के जरिये कल उच्चतम न्यायालय से याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया था प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर किसी को फांसी मिलने वाली है तो उसकी याचिका से अधिक तत्काल आवश्यक और क्छ नहीं हो सकता कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जयपुर के राम निवास बाग में जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि इस रैली से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वे राष्ट्रीय अभियान की शुरूआत करेंगे इससे पहले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कल सभा स्थल का जायजा लिया वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि श्री गांधी को चुनाव पूर्व किसानों की कर्जमाफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने संबंधी वादे पर जवाब देना चाहिए श्री पूनिया ने जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस पर रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया

उन्होंने बताया कि जनसभा के लिए आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है

समापन समारोह में यूवा कवि और गीतकार दीपक रमोला को प्रतिष्ठित द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से सम्मनित किया गया श्री रमोला को यह पुरस्कार उनके लिखे काव्य संग्रह इतना तो मैं समझ गया हूँ के लिए दिया गया है

हनुमानगढ़ जिले में कल से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी है जिले में कही हल्की बूंदाबांदी तो कही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज सुबह से ही बादल छाये हुए है और कई स्थानों पर रूकरूक कर बारिश हो रही है कल जिले में कुछ स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरे